कल शाम नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से बहत अधिक है

केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह फैसला किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है

उन्होंने कहा कि बीएसपी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी लेकिन कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन नहीं होगा कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सुश्री मायावती ने कहा कि कांग्रेस की रुचि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने से ज्यादा उनकी पार्टी को कमजोर करने में है

इस अवसर पर केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड भी उपस्थित रहेंगे बाद में श्री शाह बीकानेर के मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में संभाग स्तरीय अनुसूचित जाति सम्मेलन को संबोधित करेंगे

श्री चौधरी ने कल उदयपुर में पत्रकारों को बताया कि उज्जवला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले पांच करोड और तीन करोड अंत्योदय योजना के परिवारों को शामिल किया गया है उन्होंने बताया कि लक्ष्य के मुकाबले अभी तक देश में साढे चार करोड परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है

प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक सुत्रों ने बताया कि इन आरोपितों ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों की जमीन अवैध रूप से खरीदकर मुनाफे में बेच दी थी

इस कार्यशाला में देश और प्रदेश के मात एवं शिश् रोग विशेषज्ञ और जिलों के चिकित्साधिकारी स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों और नवीनतम तकनीकों पर विचार विमर्श करेंगे